राज्य में हो रही इस वर्षा व बर्फबारी से लोगों को जोरदार ठंड का सामना करना पड़ रहा है जनजातीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है लाहौल स्पिति में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बिजली तथा संचार सेवाएं ठप्प है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला और गुलाबा में भी आज ताजा हिमपात हुआ जिसका पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया कुल्लू के उपायुक्त युनूस के मुताबिक पर्यटकों को फिलहाल गुलाबा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है किन्नौर में भी पूह कुन्नू चारंग नाको और ठंगी में एक एक फूट ताजा बर्फबारी का समाचार है फिलहाल जिले से गुजरने वाले हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर यातायात सामान्य बना हुआ है उधर चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र की सियूर पंचायत की धार पर भारी बर्फबारी में तीन लोग फंस गए हैं

कांगड़ा जिला की धौलाधार और शिमला जिला की चांसल तथा चूड़धार की चोटियों पर आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा राज्य के निचले हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बीती रात से ही वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने कल चार नवम्बर तक प्रदेश में वर्षा और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तरयाम्बला स्याठी और अनुस्वाई में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत निर्मित सड़कों के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ने कहा कि उनका एक मात्र उददेश्य धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी व समग्र विकास करना है

इस योजना को शीघ्र ही एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए भेजा जा रहा है बिंदल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में पर्यावरण समिति द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से नाहन शहर के विकसित होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सुजित होंगे उन्होंने कहा कि नाहन के लिए गिरी नदी से उठाउ पेयजल योजना का काम युद्ध स्तर पर जारी है और अगले वर्ष से नाहन में पेयजल की समस्या पूरी तरह से हल कर दी जाएगी जनमंच जनसरोकार को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार के मंत्री जनसमस्याएं सुनकर उनका निपटारा करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकर कल उना जिला का दौरा करेंगे और इस दौरान विभिन्न विकास कार्यो के उदघाटन व शिलान्यास के अलावा पालकवाह में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे मुख्यमंत्री कल से दो दिवसीय उना दौरे पर हैं शिमला जिला में इस बार नेरवा में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा जनसमस्यां सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे सोलन जिला में कुनिहार में जनमंच का आयोजन होगा जहां कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा जनसमस्याओं का हल करेंगे डीसी बिलासपुर दिवाली के त्यौहार को देखते हुए प्रदेश भर में जिला प्रशासनों ने पटाखों की ब्रिकी और इन्हे चलाने के लिए स्थान तथा समय निर्धारित कर दिया है

उन्होंने कहा कि इस प्लांट के बनने से गौंदपुर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले रासायनिक ठोस व तरल कचरे के निस्तारण की सुविधा मिलेगी तथा पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा